इसमें विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के नेता और जाने माने नागरिकों ने भाग लिया इसअवसर पर सभा को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि अटलजी में सबको साथ लेकर चलने की क्षमता थी ै उन्होंने कहा कि अटलजी नाम से ही नहीं व्यवहार से भी अटल थे

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी ने बताया कि श्री वाजपेयी के अस्थि कलश बाईस अगस्त को जयपुर लाये जायें गे राजस्थान के स्कूली पाठयकम में श्री वाजपेयी की जीवनी को शामिल किया जाएगा शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने आज अजमेर में कहा कि वाजपेयी का जीवन विभिन्न विधाओं से जुडा और आदर्शपूर्ण है इसके जरिये बाल्यकाल में ही छात्रों को प्रेरणा मिल सकेगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर ट्वीट कर देश के लिये उनके योगदान का स्मरण किया प्रदेश कांग्रेस की ओर से आज जयपुर सहित विभिन्न जिलों में पुष्पाजंलि कार्यकम आयोजित कर राजीवगांधी को श्रद्धाजंलि दी गई दौसा झालावाड और घौलपुर में सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सदभावना शपथ दिलायी गयी सवाईमाघोपुर करौली टोंक पाली नागौर और बांसवाड़ा में जिला मुख्यालय पर पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया

न्यायालय ने राज्य सरकार के गृह विभाग के प्रमुख सचिव को इस मामले में की गई कार्रवाई पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है मामले की अगली सुनवाई तीस अगस्त को होगी प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने अलवर की इस घटना पर राजस्थान सरकार पर अवमानना के आरोप में कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की शीर्ष न्यायालय ने राज्य सरकारों से भी इस बारे में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सात सितम्बर तक देने को कहा है

श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माय जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

ये यात्री सोने के कडे चेन और घडी के रूप में सोना लेकर आ रहे थे

यह परीक्षा परिणाम राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है

उत्तीर्ण उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा

मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अपील की है कि ऊर्जा के परम्परागत साधन सीमित हैं ऐसे में हम सभी को अक्षय ऊर्जा के स्त्रोतों का उपयोग करना चाहिये श्रीमती राजे ने अपने संदेश में कहा है कि सौर पवन जल विद्यूत बायोमास और जैव ईंधन जैसे अक्षय ऊर्जा के स्रोत प्रद्षण रहित हैं और इनका पुनर्भरण हो सकता है उन्होंने कहा कि अक्षय ऊर्जा भविष्य की जरूरत है इससे सतत् विकास को गति मिलेगी

इसी तरह प्रदेश में भी क्लस्टर विकसित कर छोटे उद्यमियों को बडी राहत दी जाएगी

राजधानी जयपुर में आज कई स्थानों पर अच्छी बरसात के समाचार हैं उदयपुर में लगातार चार दिन से चल रहा बारिश का दौर आज भी जारी रहा बूंदी में झमाझम बारिश से वरधा बांध पर चादर शुरू हो गई है घौलपुर में हुई बारिश से सड़के पानी से लबालब हो गई बांसवाड़ा टोंक और करौली में दोपहर बाद रूक रूक कर बरसात होती रही